राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि कोरोना काल में जान की परवाह किए बिना महामारी से निपटने में लगे डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों पर देश को गर्व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

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि देश के जिन राज्यों में स्कूली शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषाएं हैं उन राज्यों में कम से कम एक एक क्षेत्रीय भाषा का मेडिकल कॉलेज स्थाापित होते देखना चाहते हैं वे आज असम के सोनितपुर जिला स्थित ढेकियाजुली में असम माला कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए जनसभा को संबोधित कर रहे थे इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्यों में सड़कों के बुनियार्दी ढांचे का विकास करके सडक संपर्क बढाना और राज्य की आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करना है इस दौरान असम में हाल में शुरू की गई अनेक विकास परियोजनाओं का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि समुचा पुर्वोत्तर क्षेत्र विकास के मार्ग पर अग्रसर हो रहा है और इसमें असम की महत्वपूर्ण भूमिका है उन्होंने कहा कि असम इस बात की मिसाल है कि किस तरह सामूहिक प्रयासों से अच्छे नतीजे प्राप्त किए जा सकते हैं

लेकिन पिछले पांच वर्षो में ही छह और मेडिकल कॉलेज वहां खोले गए हैं प्रधानमंत्री ने आगाह किया कि जो लोग देश के चाय क्षेत्र को बदनाम करने का षडयंत्र रच रहे थे उन्हें राष्ट्र कभी नहीं बख्शेगा प्रधानमंत्री ने आज पश्चिम बंगाल के हल्दिया में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के रसोई गैस आयात टर्मिनल का भी लोकार्पण किया

केन्द्र ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से कोरोना टीकाकरण की गति तेज करने को कहा है राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशकों के साथ चर्चा के दौरान स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि टीकाकरण का दायरा बढ़ाने की आवश्यकता है राज्यों को यह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्यनीति तैयार करने और यथासंभव अन्य स्वास्थ्य केन्द्रों में भी टीकाकरण सत्र आयोजित करने की जरूरत है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि कोरोना काल में जान की परवाह किए बिना महामारी से निपटने में लगे डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों पर देश को गर्व है राष्ट्रपति आज कर्नाटक में बेंगलुरू में राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे राष्ट्रपति ने महामारी के प्रकोप से निपटने में विश्वविद्यालय के योगदान की सराहना की राष्ट्रपति ने कहा कि महामारी ने विश्व को यह सबक सिखाया है कि अगर एक व्यक्ति खतरे में है तो दुसरा भी सुरक्षित नहीं रह सकता श्री कोविंद ने इसे विश्व बंधत्व की सीख बताया राष्ट्रपति ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र के विकास के लिए सभी संबंद्व पक्षों की भागीदारी और सहयोग आवश्यक है श्री कोविंद ने कहा कि देश में बीमारियों की रोकथाम से लेकर निदान और उपचार तक स्वास्थ्य सेवा की तमाम सुविधाओं में बड़ा बदलाव आ रहा ळें सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने आज सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पुणे स्थित क्षेत्रीय लोकसंपर्क और संचार ब्यूरो की ओर से आयोजित कोरोना टीकाकरण जागरूकता अभियान की शुरूआत की गई इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का पहला देश है जहां अब तक पचास लाख लोगों को कोविड टीके लगाए जा चुके हैं और सभी देशवासियों के लिए टीकाकरण की योजना बनाई जा रही है वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सरकार करदाताओं पर विश्वास करती है इसलिए एक समन्वयक की तरह काम कर रही है

केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मृण्डा ने आम बजट को ऐतिहासिक बताते हुए इसे आत्मनिर्भर भारत के लिए जरूरी बताया है श्री मुण्डा ने आज राजधानी स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत आम बजट भविष्य का भारत किस तरह बनेगा इस विजन को ध्यान में रखकर बनाया गया है उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर टूटने से आयी आपदा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृह मंत्री अमित षाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संवेदना व्यक्त किया है

उन्होंने रांची स्मार्ट सिटी परिसर में आधारभूत संरचना और कमांड कंट्रोल एंड कम्यूनिकेशन सेंटर का निरीक्षण किया और प्रत्येक पहलू की बारीकी से जानकारी ली उन्होंने निजी कंपनियों द्वारा विकसित किए जा रहे विश्वस्तरीय आधारभूत संरचनाओं का निरीक्षण किया इस दौरान उन्होंने स्मार्ट सिटी का थ्रीडी मॉडल भी देखा केन्द्रीय सचिव ने अधिकारियों से कहा कि स्कूल कॉलेज के बच्चों को भी स्मार्ट सिटी में दी जाने वाली आध्निक सुविधायुक्त आधारभूत संरचनाओं को दिखाया जाय इससे पहले केन्द्रीय सचिव ने आज सुबह मोरहाबादी ग्राउंड में स्मार्ट सिटी की ओर से संचालित पब्लिक बाइसिकल शेयरिंग सिस्टम की भी जानकारी ली संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी द्वारा आज सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा एनडीए का आयोजन राजधानी रांची के तेरह परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्वक किया गया

इन परीक्षा केंद्रों पर कदाचार मुक्त परीक्षा के आयोजन को लेकर पुलिस के साथ दंडाधिकारियों की भी प्रतिनियुक्ति की गई थी

इस उत्सव का आयोजन ऑनलाइन मोड में किया गया इस दौरान छात्रों की प्रतिभा और कौशल पर आधारित कई प्रकार की प्रतियोगिताएं और कार्यक्रम आयोजित किये गए आईआईएम रांची की टीमें कई कार्यक्रम में विजयी होकर उभरीं प्रतियोगिताओं के निर्णायक मंडली में वरिष्ठ अधिकारियों और देशभर के प्रसिद्ध संकायों के प्रबंधक शामिल थे रामगढ़ जिला इन दिनों सरकार के विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लेकर सक्रिय है जिले में फाइलेरिया उन्मुलन कार्यक्रम को लेकर विशेष कार्यनीति बनायी जा रही है

मुकेश सिंह को बरही से गिरफ्तार किया गया है उसी की निशानदेही पर गिरोह के छह अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार किया गया है

बिहार में रहकर झारखंड के कई जिलों में कोयला व्यवसायी रेलवे ठेकेदार सहित अन्य ठेकेदारों से रंगदारी लेने और हत्या के मामले में वह अभियुक्त है पुलिस अधीक्षक कार्तिक एस ने बताया कि पकड़े गए गिरोह की संपत्ति की जांच के लिए इडी को लिखा जाएगा पश्चिमी सिंहभूम खूंटी और सरायकेला खरसावां जिला के सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच आज मुठभेड़ होने की खबर है इस दौरान कोबरा बटालियन का एक जवान गोली लगने से जख्मी हो गया जवान को हेलीकॉप्टर की मदद से रांची स्थित मेडिका अस्पताल लाया गया है घटना की पुष्टि चाईबासा के पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा ने की है सुरक्षाबलों को सूचना मिली थी कि पश्चिमी सिंहभूम खूंटी और सरायकेला खरसावां जिला के सीमावर्ती क्षेत्र में नक्सलियों का मूवमेंट है इसी सूचना पर सुरक्षाबल इस क्षेत्र में पहंचे तो नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी जवाबी कार्रवाई में सुरक्षाबलों ने भी फायरिंग की सर्च ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में हथियार और अन्य सामान बरामद किए गए हैं राजधानी रांची के कई हिस्सों में शनिवार की देर शाम हुई बारिश ने ठंड बढ़ा दी है हालांकि आज सुबह से खिली धूप ने लोगों को ठंड से राहत दी है मौसम विभाग के अनुसार अगले दो चार दिनों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी इससे ठंड में वृद्वि हो सकती है भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि पश्चिमी विक्षोम के साथ साथ चक्रवाती हवाओं ने राजस्थान और मध्यप्रदेश होते हए झारखंड में प्रवेष किया इसके कारण कल बारिष के साथ ओले पड़े थे उन्होंने बताया कि राज्य के पलामू गढ़वा चतरा कोडरमा लातेहार लोहरदगा रांची रामगढ ग्मला बोकारो हजारीबाग और गिरिडीह में कहीं कहीं शीतलहर चलने के आसार हैं अगले दिन सोमवार को गुमला पश्चिमी सिंहभूम पूर्वी सिंहभूम और सिमडेगा में ऐसा ही मौसम रह सकता है